इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देववत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ये पर्व खुशी और अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक है मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि दीपावली का पर्व आपसी मेलजोल एकता व हर्षोल्लास का द्योतक है और उन्होंने उम्मीद जताई कि यह त्यौहार सबके जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आए दीपावली को देखते हुए पथ परिवहन निगम आज शाम चार बजे के बाद अपने सभी रूटों पर बस सेवा नहीं चलाएंगा इसके अलावा राज्य के लंबे रूटों सहित बाहरी राज्यों के लिए चलाई गई विशेष बसों का स्टाफ भी यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के बाद दीपावली मनाने चला जाएगा देवव्रत राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिवाली की पूर्व संध्या पर कल शिमला स्थित आईजीएमसी के क्षेत्रीय कैंसर केंद्र में भर्ती सभी मरीजों को कम्बल व फल वितरित किए उन्होंने मरीजों का कुशल क्षेम पूछा और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की

जिसमें जिला प्रशासन रैडक्रास नेहरू युवा केंद्र नगर परिषद कुल्लू तथा प्रैस क्लब कुल्लू ने प्रदूर्षण रहित क्लीन व ग्रीन दिवाली मनाने का संदेश लोगों को दिया

जोगिन्द्रनगर के विधानसभा क्षेत्र के पंडोल में अरला लाहला मतेहड़ पेयजल योजना के सुधारीकरण की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये जानकारी दी

रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मण्डी संसदीय क्षेत्र के लिए अब तक एक अरब पांच करोड़ की राशि स्वीकृत करवाई गई है इस मौके स्थानीय विधायक प्रकाश राणा ने भी विचार व्यक्त किए अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में आवेदन मात्र से मिल जाएगी जमीन निवेशकों को मिलेगी बड़ी राहत लीज औपचारिकताएं बाद में पूरी होती रहेंगी

पंजाब केसरी का शीर्षक है भारतीय सेना में अलग से हो हिमाचल बटालियन आपका फैसला लिखता है हिमाचल की सात छावनी क्षेत्रों का होगा कायाकल्प पंजाब केसरी की सुर्खी है दिन में पटाखे फोड़े तो कोर्ट की अवमानना का केस संभव हो सकती है एफआईआर हिमाचल दस्तक के शब्द हैं दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे

दिव्य हिमाचल की ये खबर भी ध्यान आकृष्ट करती है हिमाचल में रूसा के बजट पर संकट एमएचआरडी की सख्ती के बाद भी एचपीयू सहित कई कॉलेज पैसा खर्च करने में गंभीर नहीं

दैनिक जागरण की एक अन्य खबर है मित्रा के वॉयस सैंपल व पॉलीग्राफ टेस्ट की सरकार ने नहीं दी अनुमति अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय खुशियों भरी दिवाली में लिखा है दिवाली खुशियों व उमंग का त्यौहार है इसलिए हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वे इन खुशियों पर ग्रहण न लगने दें दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय हमारे करीब की दिवाली में चकाचौंद के स्थान पर दीपावाली को परम्परा के साथ मनाने की बात कही है